कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री के कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति का किया खण्डन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वंशवाद को लेकर कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि इससे सबसे बड़ा नुकसान संस्थाओं को हुआ है उन्होंने कहा कि प्रेस से लेकर ससद तक सैनिकों से लेकर अभिव्यक्ति की आजादी तक और संविधान से लेकर न्यायालयों तक कोई भी इसके कुप्रभावों से नहीं बचा है श्री मोदी ने कहा ह कि देशवासियों ने पिछले आम चुनाव में वंशवाद को नकार कर विकास के लिए निर्णायक मतदान किया था

प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सरकार जब पहले परिवार की बजाय पहले भारत की भावना से काम करती है तो उसका काम दिखता है उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है उधर पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस में वंशवाद की राजनीति के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दावों का खंडन किया है उन्होंने कहा कि श्री मोदी को वंशवाद की राजनीति पर बालने की बजाय किसानों और बेरोजगारी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वतंत्र मीडिया लोकतंत्र की आधारशिला है और इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में प्रथम अटल बिहारी वाजपयी स्मारक व्याख्यान देते हुए श्री नायडू ने कहा कि स्वतंत्र मीडिया वास्तव में लोकतंत्र को बनाये रखने में एक बड़ी भूमिका निभाता है श्री नायडू ने पेड न्यूज के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ ए सूर्य प्रकाश ने कहा कि मीडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह पारदर्शी और निष्पक्ष हो बहुजन समाज पार्टी प्रमख मायावती दो हजार उन्नीस का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी सुश्री मायावती ने इस बात की घोषणा आज लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में की उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव न लड़ने का निर्णय उन्होंने देश के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए किया है बाइट देश के वर्तमान हालात में जरूरत को देखते हुए तथा अपनी मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित में देश हित का भी यही तकाजा है मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं बसपा प्रमुख ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनकी पार्टी का मज़बूत गठबंधन है उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो वह बाद में चुनाव लड़ सकती हैं सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है कन्द्र सरकार ने कल इसकी आधिकारिक घोषणा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने जस्टिस घोष सहित अन्य सदस्यों के नाम की सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी न्यायमूर्ति घोष दो हजार सत्रह में सुपोम कोर्ट के न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हुए थे वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं उन्हें मानवाधिकार कानूनों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है लोकपाल संस्था में चार न्यायिक और चार गैर न्यायिक सदस्य भी नियुक्त किये गये हैं न्यायिक सदस्यों में जस्टिस दिलीप बीभोसले प्रदीप कुमार मोहंती अभिलाषा कुमारी और अजय कुमार त्रिपाठी शामिल हैं जबकि सशस्त्र सीमा बल की पूर्व प्रमुख अर्चना रामसुन्दरम् महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन महेन्द्र सिंह और इन्द्रजीत प्रसाद गौतम को गैर न्यायिक सदस्य बनाया गया है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में केंद्र में एक लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है इसे लोकसेवकों की विभिन्न श्रेणियों में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी का अधिकार दिया गया है

यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सून रहे हैं

प्रदेश में रंगों क पर्व होली की धूम शुरू हो गयी है बाज़ारों में अबीर गुलाल और कई तरह के पकवानों की खरीदारी के लिये खासी भीड़ है होली के मद्देनज़र पूरे प्रदेश में सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किये गये हैं मथुरा अयोध्या और काशी में होली का आग़ाज़ रंग भरी एकादशी के दिन से ही हो जाता है आज रात्रि मुहूर्त के अनुसार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होलिका दहन कार्यक्रम सम्पन्न होगा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में होली का अलग महत्व है इसी कम में श्री द्वारिकाधोश मंदिर में आज परंपरागत होली बगोचे का भव्य आयोजन किया गया जिसमें पूरा मंदिर प्रांगण होली के रंग में डूब गया समूचे ब्रज मंडल में अनेक स्थानों पर होलिका का आकर्षक ढंग से सजाया गया है और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से समूचे ब्रज मण्डल में आज गली गली और चौराहों पर सुन्दर और श्रृंगारित होलिका मैया की प्रतिमायें सजायी गयी हैं इसके अलावा वई जगहों पर सांस्कृतिक समितियों की तरफ से विभिन्न कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है मश्तिलाएं और बच्चे होलिका का पूजन कर रही है देर रात इनका दहन किया जायेगा और जलती हुई अभिन से लोग घरों में रखी होलिकाओं को प्रज्जवलित करेंगे

नगर के विश्राम घाट से चतुर्वेदी समाज द्वारा आज परंपरागत डोला भी निकाला गया इस डोले में देश विदेश से आये हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुये अबीर और गुलाल से सराबोर हैं यह डोला प्रावीन काल से मथुरा शहर के प्रमुख मार्गो से निकाला जाता है

अयोध्या नगर और आस पास के ग्रामीण इलाकों में लोगों ने जमकर होली खेली वहीं इस धार्मिक नगरी में हिन्दू मुसलमानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गंगा जमुनी तहजोब का उदाहरण पेश किया एक रिपोर्ट अयोध्या की धरती पर आज रंगो में सराबोर प्रेम एकता और सौहार्द की धारा बही जो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल और साथ ही देश के लिए एक बड़ा और सकारात्मक सन्देश भी बन गया अवसर था होली के एक दिन पहले होलिकोत्सव मनाने का जो श्रीराम जन्म भूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास के आवास पर संपन्न हुआ उत्सव में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी सहित कई अन्य मुस्लिमों ने हिन्दू पक्षकार महंत धर्म दास के साथ ही मौजूद साधु संतों को अबीर गुलाल से रंग कर फूलों की होती खेली और एक दूसरे को गले लगाया ऐसे में समूचा वातावरण सदभावना का पर्याय बन गया राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या बरेलो के बमनपुरी इलाके से आज ऐतिहासिक राम बारात निकाली गयी

इस बारात में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर रंग और फूलों से होली खेली विभिन्न धर्मो और सम्प्रदाय के लोगों ने जगह जगह राम बारात का स्वागत किया प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि ने देश के लोक सेवा प्रसारकों से व्यावसायिक रूप से सक्षम होकर सार्वजनिक प्रसारण जारी रखने को कहा है श्री वेम्पटि ने कहा कि लोक सेवा प्रसारकों के समक्ष समाज के सभी वर्गों के लिए प्रासंगिक बने रहना बड़ी चुनौती है बाइट राष्ट्रीय प्रसारणकर्ता के तौर पर हमें पूरे स्पैक्ट्रम के अनुरूप होना होगा यह एक चुनौती है जिसमें हमें खरा उतरना है जैसे आपकी व्यादसायिक गतिविधियां सुचारू हो और वह सार्वजनिक गतिविधियों के लिये भी भुगतान कर रही हैं यह एक मॉडल है जो हमें बनाना है और इसे दूसरे क्षेत्रों भी कामयाब करना है शामली ज़िले में पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत झिंझाना और कैराना इलाके में अवैध रूप से तमंचा बनाने वाली दो फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है पुलिस अधीक्षक अजय कुमार के नतृत्व में पुलिस टीम ने मौक से तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि एक व्यक्ति फरार होने में सफल हो गया पकड़े गये आरोपियों में से एक के खिलाफ हत्या समेत पच्चीस मुकदमें पंजीकृत हैं